पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन था

आयोग ने प्रति विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से अकस्मात तरीके से वीवीपैट की पर्चियों की गणना की प्रणाली को न्यायोचित ठहराया आयोग ने कहा कि वह किसी भी ऐसे सुझाव पर विचार के लिये तैयार है जिससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में मदद मिलती हो

न्यायालय ने जानना चाहा था कि क्या वीवीपैट के नमूना सर्वेक्षण की संख्या बढ़ाई जा सकती है

एक जनहित याचिका पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल सितम्बर में सुनाये गये अपने फैसले में कहा था कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से पहले निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि के बारे में प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि मतदाताओं को उनके बारे में जानकारी मिल सके

पार्टी की ओर से जारी सूची में चूरू से मौजूदा सांसद राहुल कस्वां को फिर से मौका दिया गया है जबकि अलवर से बालक नाथ को उम्मीदवार बनाया है बांसवाड़ा से मौजूदा सांसद मानचंद निनामा का टिकट काटकर पूर्व मंत्री कनकमल कटारा को मैदान में उतारा गयाहै

अब सिर्फ छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है

यह कार्य सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोग के ईएमएस साफ्टवेयर द्वारा किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कल और आज प्रथम रेंडमाइजेशन कर दिया गया है उन्होंने बताया कि रेंडमाइजेशन के बाद सभी मशीनों को संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सुपूर्द कर दिया जाएगा श्री कुमार ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेंडमाइजेशन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उम्मीदवार या उनके द्वारा नियुक्त एजेंट की उपस्थिति में किया जाएगा प्रतापगढ में आज जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित और विभिन्न राजनीतिक दलों कके पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट मशीन का रेंडमाइजेशन किया गया इस दौरान संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवायी गयी

ये परमिट निष्वित आकार के होंगे और संबंधित वाहन के विंड स्क्रीन पर इस तरह चिपकाए जाएंगे जो कि आसानी से दिखाई दे सकें

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार में उपयोग लाए जाने वाले वाहनों के परमिट का रंग बैंगनी होगा

सिरोही जिले में आज विभिन्न स्थानों पर मतदाता जागरूकता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

करौली जिले के मासलपुर तहसील के रोहर गांव में आज मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया गया बीकानेर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक अप्रैल से रोजाना विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी

बांसवाडा जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज कुशलगढ उपखंड मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक ली जिसमें चुनाव से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए

मतदाताओं को इसके लिए जिले के पोर्टल पर जाकर संकल्प पत्र कॉलम पर क्लिक करना होगा इस पर मतदाता का नाम और मोबाइल नंबर टाइप करने और मतदाता के संकल्प पर क्लिक के साथ ही डिजीटल प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा

उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैलादेवी में चैत्र नवरात्रि मेला सोमवार से शुरू होगा हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्वालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं

इस मौके पर सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल चेरिश मैथसन भी मौजूद रहेंगे